उन्होंने साफ किया कि विस्थापितों की आवंटित भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा करने की राजस्थान सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली है मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार के साथ इस मुद्दे पर अनेक स्तरों पर वार्ता हो चुकी है और मामला उच्चतम न्यायालय में भी विचाराधीन है उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार स्वयं भी इस मामले के जल्द निपटारे के पक्ष में है हालांकि अभी भी जमीन पर काम होना बाकी है

विकास खंडों में पैसा खर्च करने को लेकर विधायक नरेंद्र ठाकर के सवाल पर उन्होंने ये जानकारी दी वीरेंद्र कवर ने विधायकों से भी आग्रह किया कि वे विधायक निधि के पैसे की समय समय पर समीक्षा करें ताकि इसका सद्पयोग सुनिश्चित बनाया जा सके

इसके लिए प्रदेश के सभी ब्लाकों को हर घर को नल से जल के तहत डीपीआर बनाने को कहा गया है वाकआउट प्रदेश विधानसभा में विपक्षी कांग्रेस ने आज दूसरे दिन महंगाई व इन्वेस्टर्स मीट पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया और सदन से वाकआउट किया

इस दौरान विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री भी अपनी बात कहने को खड़े हुए लेकिन इस पर सत्ता पक्ष की ओर से विधायक राकेश पठानिया ने भी प्वाइंट ऑफ आर्डर की मांग कर दी और दोनों पक्षों में नोंकझोंक भी हुई मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि इन्वेस्टर्स मीट पर चर्चा का नोटिस कांग्रेस ने दिया था लेकिन उसे पीछे कर दिया और भाजपा का नोटिस आगे कर दिया जो विधानसभा की परंपरा के खिलाफ है

बिंदल ने स्पष्ट किया कि उन्होंने सभी सदस्यों को बोलने का भरपूर मौका दिया है और पीठ पर समय न देने का आरोप लगाना सरासर गलत है इस दौरान कांग्रेस सदस्यों ने इन्वेस्टर्स मीट और महंगाई को लेकर बैनर भी लहराए और प्याज की मालाएं पहनकर नारेबाजी की